हालांकि भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में ये सभी संस्थान चरणबद्ध ढंग से खुल गये हैं भोपाल में धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों ने तैयारियों के लिए और समय मांगा है जिससे इनके अगले सप्ताह खुलने की संभावना है इन्दौर में भी फिलहाल धार्मिक संस्थान नहीं खुलेंगे वहीं उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर के मंदिर सहित सभी धर्म स्थल आज से खुल गयें हैं

आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित पीताम्बरा सिद्द पीठ मां बगलामुखी मंदिर और एतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव मंदिर भी आज से खोल दिये गये मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इन्दौर में कोरोना संबंधी राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ले रहे हैं वे दोपहर बाद इंदौर पहुंचे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत आयोजन में शामिल होंगे इसके बाद डॉक्टरों से मुलाकात का कार्यक्रम है श्री चौहान के समक्ष शाम को औद्योगिक विकास संबंधी कार्यक्रम में विभिन्न परियोजनाओं की प्रस्तुति दी जायेगी मुख्यमंत्री इनकी समीक्षा के साथ ही उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे

उधर दमोह में आज दो कोरोना मरीजों की जिला अस्पताल से छुट्टी कर दी गई

सभी स्वस्थ मरीजों का कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर और अन्य अधिकारियों ने तालियों के साथ स्वागत किया

मौसम विभाग ने आज भोपाल होशंगाबाद इंदौर उज्जैन और शहडोल संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है

राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी पर नियमित रूप से उपस्थित होने को कहा गया है